वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री ने कहा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नही रोक सकता पार्टियों का बेमेल महागठबंधन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने मोदी सरकार के दोबारा सत्ता में आने पर सेब पर मौजूदा आयात शुल्क खत्म करने की जताई आशंका राष्ट्रीय भाजपा प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन का दावा इस चुनाव में तीन सौ का आंकड़ा पार करेगी भाजपा प्रचार भाजपा प्रदेश में सातवें व आखिरी चरण में होने वाले लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए तीन दिन का समय शेष है और भाजपा व कांग्रेस ने चुनावी प्रचार अभियान तेज़ कर दिया है इसी के तहत केंद्रीय मंत्री व स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने आज पालमपुर में कांगड़ा संसदीय सीट से भाजपा उम्मीदवार किशन कपूर के पक्ष में रैली को संबोधित किया उन्होंने कहा कि एक ओर पाकिस्तान को समर्थन देने वाले खड़े हैं तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जो अपने देश के लिए बड़े बड़े फैसले ले रहे हैं स्मृति ईरानी ने दावा किया कि देश में फिर से भाजपा की सरकार बनना तय है उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहे हैं लेकिन मोदी देश के विकास में लगे हैं

सांसद शांता कुमार के सम्मान में उन्होंने कहा कि परिवार का मुखिया घर का बड़ा व्यक्ति होता है और चुनावी राजनीति से अलग होने से भी शांता कुमार का पार्टी और संगठन में मान सम्मान बरकरार रहेगा इस मौके सांसद शांता कुमार ने कहा कि मोदी सरकार ने इन पांच सालों में कांग्रेस के दस साल के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार व घोटालों को साफ किया और नई योजनाएं बनाई सिद्द हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रामलाल ठाक्र के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू बिलासपुर पहुंचे इस दौरान अपने चिर परिचित अंदाज में सिद्धू ने केंद्र की भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला उन्होंने देश में हुए विकास के लिए कांग्रेस को श्रेय देते हुए कहा कि भाजपा नेताओं ने पांच साल केवल जुमलेबाजी की और देश की जनता को गुमराह किया उन्होंने राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर को विजयी बनाकर संसद भेजने की अपील की मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि बेमेल पार्टियों का महागठबंधन जितना भी जोर लगाए वो नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से नहीं रोक सकता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 जयराम ठाक्र ने कहा कि कांग्रेस ने कई दशकों तक देश में शासन किया लेकिन विकास करने की बजाय कांग्रेस नेताओं ने देश को लूटने का काम किया

उन्होंने लोगों से भाजपा प्रत्याशी रामस्वरूप शर्मा को भारी मतों से विजयी बनाने का आह्वान किया जयराम इस बीच मुख्यमंत्री ने आज मंडी में एक पत्रकार वार्ता में बंगाल में कल राष्ट्रीय भाजपा अध्यक्ष अमित शाह पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला करार दिया है उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बंगाल में एक सफल रैली की जिससे ममता बैनर्जी बौखला गई है और इस तरह के गैर लोकतांत्रिक तरीके अपनाने को मजबूर है जयराम ठाकुर ने कहा कि बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बैनर्जी कभी अच्छी छवि की मानी जाती थी लेकिन इतने जल्दी सत्ता का नशा उन पर हावी हो जाएगा ये किसी ने सोचा नहीं था उन्होंने कहा कि कल हुए हमले के समय वहां की पुलिस सब कुछ चुपचाप देखती रही जो एक कायरतापूर्ण हरकत है वीरभद्र सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने आज पार्टी प्रत्याशी धनीराम शांडिल के पक्ष में शिमला में प्रचार किया उन्होंने कहा कि देश को जुमलों की नहीं बल्कि लोगों की मुश्किलों को समझने वाली सरकार की जरूरत है उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की सत्ता की विदाई का समय आ गया है वीरभद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक बड़ी लड़ाई लड़ रही है उन्होंने कहा कि धनीराम शांडिल एक सुलझे हुए नेता है और उनकी जीत सुनिश्चित करना हम सब का दायित्व है उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से आहवान किया कि एकजुटता से पार्टी को मजबूत बनाने और शांडिल की जीत के लिए काम करें सुरेश प्रचार शिमला संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुरेश कश्यप ने आज अर्की विधानसभा क्षेत्र के कृनिहार बातल अर्की बाजार कश्यालू कशलोग और मलावण में जनसंपर्क अभियान के तहत चुनाव प्रचार किया